राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित अनेक नेताओं ने जताया शोक

मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे

और प्रदेश की विभिन्न जेलों में एक साथ की गयी छापेमारी

लोजपा के वरिष्ठ नेता और समस्तीपूर के सांसद रामचंद्र पासवान का आज दोपहर बाद नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया वे सत्तावन वर्ष के थे पिछले बारह जुलाई को दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहाँ उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी रामचंद्र पासवान चार बार सांसद चुने गये राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल लालजी टंडन मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने रामचंद्र पासवान के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है राष्ट्रपति ने अपने शोक संदेश में कहा कि रामचंद्र पासवान हमेशा गरीबों के उत्थान के लिए सक्रिय रहें प्रधानंत्री ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि रामचंद्र पासवान एक समर्पित नेता थे जिन्होंने दलितों के उत्थान में उल्लेखनीय योगदान दिया राज्यपाल लालजी टंडन ने अपने शोक संदेश में कहा कि रामचंद्र पासवान ने समाज के अभिवंचित वर्गों के हितों और सामाजिक समरसता के लिए आजीवन प्रयासरत रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में रामचंद्र पासवान के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने रामचंद्र पासवान के निधन को अपूरणीय क्षति बताते हुए कहा कि वे आम लोगों और जमीन से जुड़े नेता थे केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय विधानसभा अध्यक्ष विजय क्मार चौधरी विधान परिषद् के कार्यकारी सभापति हारूण रशीद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसीत्यागी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा रालोसपा प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के अध्यक्ष पप्प् यादव समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने रामचंद्र पासवान के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है इधर कोन्द्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने अपने छोटे भाई को असामयिक निधन को परिवार के लिए अपूर्णनीय क्षति बताया है जमुई सांसद चिराग पासवान ने ट्वीट कर अपने चाचा के निधन की जानकारी दी और सभी से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने की अपील की

जिले के विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने उनके निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है रामचंद्र पासवान का पार्थिव शरीर कल पटना लाया जाएगा अंतिम यात्रा से पहले उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए लोजपा कार्यालय में रखा जाएगा जहां लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे कल ही उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ पटना में गंगातट पर किया जाएगा दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पार्थिव शरीर का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली के निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार किया गया इक्यासी वर्षीय कांग्रेस नेता का कल हृदयाघात के बाद निधन हो गया था अंतिम संस्कार में यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गृहमंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ सैंकडों की संख्या में लोग उपस्थित थे नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के कारण उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है दरभंगा जिले के एक दर्जन से अधिक प्रखंड़ों की लाखों की आबादी बाढ़ से प्रभावित है शहर के कई मुहल्लों के निचले भागों में भी पानी प्रवेश कर गया है शहर के बीच से गुजरने वाली अधवारा समूह की बागमती नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है जिला प्रशासन की ओर से राहत और बचाव के हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं सीतामढ़ी जिले में भी बाढ़ की विभीषिका अभी बरकरार है बाढ़ नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के अनुसार बागमती नदी डुब्बा घाट में खतरे के निशान से पैंतालीस सेंटीमीटर और रून्नीसैदपुर के कटौझा में खतरे के निशान से एक मीटर सत्तर सेंटीमीटर ऊपर बह रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया श्री कुमार ने दरभंगा सीतामढ़ी और कटिहार के राहत शिविरों में जाकर बाढ़ पीड़ितों से मूलाकात की और उनका हाल जाना मुख्यमंत्री ने दरभंगा में राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्धिकी से उनके आवास पर मुलाकात कर जिले में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली इस अवसर पर उन्होंने जिलाधिकारी श्रीमती प्रनम और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से महानन्दा में बार बार हो रहे कटाव के स्थायी समाधान पर भी बातचीत की मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक तीन लाख से अधिक बाढ़ पीड़ितों में प्रत्येक परिवार को छः छः हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गयी है उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी बचे बाढ़ पीड़ितों के खाते में छ छ हजार रुपये की आर्थिक मदद भेज दी जाएगी उपमुख्यमंत्री स्शील कुमार मोदी ने पीएचइडी मंत्री विनोद नारायण झा के साथ मध्रबनी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया श्री मोदी ने जिले में बाईस हजार हेक्टेयर मे लगी फसल के नष्ट होने पर कृषि विभाग को कम अवधि वाले फसलों के बीज किसानों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है एनडीआरएफ नौंवी वाहिनी बिहटा के कमान्डेंट विजय सिन्हा ने बताया है कि बाढ़ प्रभवित इलाकों से बचाई गई गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव का विशेष प्रबंध किया गया है देश के सात करोड़ बत्तीस लाख से अधिक किसान परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पहली और दूसरी किस्त की राशि मिल चूकी है इस योजना के तहत अब तक दो हजार रूपये प्रति किस्त प्रति परिवार की दर से कुल चौदह हजार छह सौ छियालिस करोड़ रूपये वितरित किए गए हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लक्ष्य देश के चौदह करोड़ पचास लाख किसानों तक लाभ पहुंचाना है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डाक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि इस वर्ष आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत बीस हजार स्वास्थ्य केन्द्र बनाने का कार्य प्ररा कर लिया जाएगा डॉक्टर हर्षवर्द्वन ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत देशभर में डेढ़ लाख स्वास्थ्य कोन्द्र स्थापित किये जाने हैं उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्ष दो हजार पच्चीस तक देश से तपेदिक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि नया राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद विधेयक कल संसद में पेश किया जाएगा राज्य प्रलिस मुख्यालय के निर्देश पर आज प्रदेश के विभिन्न मंडल कारा में एक साथ छापेमारी की गयी छापेमारी के दौरान औरंगाबाद मूंगेर जमुई आरा मूजफ्फरपूर जहानाबाद सीवान और आरा मंडल कारा में कैदीयों के पास से मोबाइल सहित अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किये गये बेऊर में जेल ब्रेक की आशंका की खुफिया जानकारी मिलने के बाद प्रदेश की तमाम जेलों में छापेमारी शुरू की गई है जेल में छापेमारी से कैदियों में हड़कंप मचा रहा बेगूसराय में विधि शाखा में तैनात प्रधान लिपिक संजीव कुमार को तीस हजार रुपए रिश्वत लेते निगरानी टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया निगरानी के पुलिस उपाधीक्षक अनिल पासवान ने बताया कि गिरफ्तार लिपिक एक जब्त वाहन को छोडने के एवज में वाहन मालिक से तीस हजार रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा था वाहन मालिक की शिकायत पर निगरानी की टीम ने यह कार्रवाई की रोहतास जिले के तिलौथू थाना क्षेत्र के मलहनिया गांव के पास डेहरी रोहतास राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऑटो रिक्शा और मोटरसाईकिल के बीच टक्कर में दो महिला समेत पांच लोगों की मौत हो गयी वहीं आधा दर्जन लोग घायल हो गये

राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित अनेक नेताओं ने जताया शोक

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे

और प्रदेश की विभिन्न जेलों में एक साथ की गयी छापेमारी